इसके बाद गौरव यात्रा बीकानेर संभाग में प्रवेश करेगी इधर प्रदेश कांग्रेस आज से चित्तौडगढ के सांवलिया जी से संकल्प रैली की शुरूआत करेगी

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि रैली में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान और मध्यप्रदेश में मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम होने संबंधी याचिका पर निर्वाचन आयोग और दोनों राज्यों के निर्वाचन विभागों को नोटिस जारी किया न्यायाधीश ए के सीकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले में एक सप्ताह में जवाब मांगा है उच्चतम न्यायालय में ये यांचिका दोनो प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्षों द्वारा दाखिल की गई है जोधपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस मार्ग का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगा यह निर्णय जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ महेन्द्र सिंह राठौड़ ने कल आयोजित बैठक में लिया इसके साथ ही रातानाडा गणेश मन्दिर क्षेत्र में नवनिर्मित पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय किया गया टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में बीसलपुर से जल लेकर आ रहे कावड़ियों पर कल कुछ लोगों द्वारा पथराव करने से तनाव पैदा हो गया इस दौरान कई कावड़ियों के चोटें आई है घटना के बाद कस्बे में प्रलिस बल तैनात कर दिया गया है स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत खोले गये कुपोषण उपचार केन्द्रों पर मिल रही सुविधाओं से चित्तौडगढ़ जिले के निवासी भी लाभान्वित हो रहे है

संस्कृत शिक्षा निदेशालय की ओर से संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय में आयोजित होगा समारोह की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी करेंगे कार्यकम में संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जायेगा

बाड़मेर जिले के सनावडा गांव में कल रात ट्रक की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है डूंगरपुर जिले में हो रही बारिश से बेणेश्वर धाम टापू में बदल चुका है वहीं जिले का सबसे बडा बांध सोम कमला अम्बा अपनी भराव क्षमता तक पहुंच गया है सागवाडा का लोधेश्वर बांध भी अपने जलस्तर से ऊपर तक भर गया है इधर बांसवाडा में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश का जोर अब धीरे घीरे कम हो रहा है

भरतपुर में कल देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक जारी रहा